श्री मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि राष्ट्र ऐसे प्रत्येक नागरिक के प्रति आभार व्यक्त करता है जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की अगवाई कर रहे हैं

इस घातक वायरस के फैलने पर रोक लगाने के लिए देशभर में कल अप्रत्याशित जनता कर्फयू भी मनाया गया विभिन्न क्षेत्रों के नामी गिरामी और प्रेरक व्यक्तियों तथा संगठनों ने जनता कर्फयू को अपना समर्थन दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी संकल्प और संयम के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए उन्होंने कहा कि जनता कफर्यू के दिन देशवासियों ने यह बता दिया है कि वे क्षमतावान हैं और यदि वे फैसला कर ले तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को एकजुटता से पराजीत कर सकते हैं श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल देर शाम वरीय अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के कारण पैदा हो रही परिस्थितियों और इससे निपटने के तौर तरीकों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कोरोना के संभावित प्रसार को लेकर सरकार सतर्क है और इसे रोकने के लिए सभी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं पूरे राज्य में लॉक डाउन के तहत आकास्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे पदाधिकारी और कर्मचारी अपने घरों से कार्यो का निष्पादन करेंगे

टैक्सी आटो ई रिक्शा का भी परिचालन नहीं किया जा सकेगा लेकिन स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे अलग रखा गया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि इस बाबत राज्य की सीमाओं पर चेकपोस्ट पर चेकिंग की पुख्ता व्यवस्था हो और बाहर से आने वाले सभी तरह के वाहनों और उसमें बैठे लोगों का मोबाइल नंबर सहित सभी जानकारी लिखित रुप में अनिवार्य रुप से ली जाए सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान फैक्ट्री गोदाम और साप्ताहिक हाट बाजार भी बंद करने के निर्देश दिए गए वहीं आवश्यक सेवाओं को लॉक डाउन से छूट दी गई है बैठक में एक ही जगह पर पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर निषेध का निर्णय लिया गया इसके अलावा विदेश से आनेवाले नागरिकों या अन्य राज्यों से आए हुए व्यक्ति स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य मुख्यालय जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय और पंचायत स्तर पर वार रूम और कंट्रोल रूम बनाया जाएगा राज्य अथवा राज्य के बाहर रहने वाले यहां के लोग कोरोना वायरस से जुडी जानकारियों और परेशानियों की जानकारी दे सकते हैं यहां मिलने वाली रिपोर्ट की हर दिन शाम में समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुरूप कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों को कहा गया कि कोरोना वायरस को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए

दाल भात केंद्रों में सिर्फ भोजन का वितरण किया जाएगा यहां बैठकर भोजन करने की मनाही है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों से श्रमिकों का ज्यादा पलायन हुआ है वहां से लौटे हुए श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों के घर पर भोजन की होम डिलीवरी की जाए कोरोना के प्रति लोगों को जागरुक करने को लिए व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया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

इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से बीस बीस लाख रुपये दिए जाएंगे इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता निर्भय ठाकर ने बताया कि सांसद ने राशि की अनुशंसा करते हुए उपायुक्त चतरा को कोरोना वायरस की रोकथाम और ईलाज के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है गोड्डा सांसद निषिकांत दूबे ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता राषि उपलब्ध करायी है कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों से लौटने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच और उनकी निगरानी की जा रही है

अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सतर्कता बरती जाए

वहीं राज्य में लाक डाउन की घोषणा के बाद आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी तरह का आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है जिसका गुमला जिले में असर दिखाई दे रहा है

उधारकर्ता अपनी मौजूदा कार्यशील पूंजी के अधिकतम दस प्रतिशत तक ऋण ले सकता है लेकिन ऋण दो सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए